वे इस दौरान विद्यार्थयों से तनाव मुक्त रहने के गुर साझा करेंगे इस शैणिक्षक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण का आज आखिरी दिन है

इस बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा डॉहर्षवर्घन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविघाओं के विस्तार के लिए केन्द्र सरकार पूर्ण सहयोग करेंगी भोपाल में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के दौरान डॉ हर्षवर्धन ने आशवस्त किया कि वे मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए केन्द्र के सहयोग में कोई कमी नहीं रखेंगे

श्री चौहान ने स्वास्थ्य मंत्री से भाोपाल गैस पीड़ितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाये उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया किसान राहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के कुछ स्थानों पर बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान का आंकलन करने के निर्देश दिये गये हैं आंकलन के बाद किसानों को राहत राशि प्रदान की जायेगी उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ है उन्हें राहत देने में विलंब नहीं किया जायेगा

आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा करने का आग्रह किया है इसके लिए लोग नमो ऐप या माई गोव मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं

सीएम मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात कर चना मसूर और सरसों के उपार्जन की सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया उन्होंने कृषि मंत्री को बताया कि प्रदेश में इस वर्ष भी इन फसलों के उत्पादन में काफी बढ़ोत्तरी की संभावना है श्री चौहान ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की इस दौरान उन्होंने खजुराहो को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली ट्रेनों को फिर से शुरू करने के साथ ही राज्य के अन्य हिस्सों में भी ट्रेनों के फेरे पहले की तरह प्रारंभ करने का अनुरोध किया